कल जगह जगह होगा होलिका दहन हाईकोर्ट आरक्षण जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश सरकार के अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को सत्ताइस फीसदी आरक्षण देने संबंधी फैसले के अमल पर रोक लगा दी है

आज हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस आर एस झा और जस्टिस संजय द्विवेदी की युगलपीठ ने सुनवाई करते हुए इस मामले में सरकार का पक्ष जाना मामले की अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद होगी तब तक इस आदेश पर रोक जारी रहेगी यह जबलपुर निवासी अशिता दुबे और भोपाल की दो अन्य छात्राओं ने पिछड़े वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण बढ़ोतरी को असंवैधानिक बताते हए यह याचिका दायर की थी

उधर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अदालत के आदेश पर कहा कि हम विधि विशेषज्ञों से सलाह मशविरा कर निर्धारित समयसीमा में अपना जवाब पेश करेंगे अधिसूचना निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना जारी कर दी है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

लेफ्टिनेंट जनरल अनिल क्मार भट्ट को उत्तम युद्ध सेवा पदक प्रदान किया गया इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी थल सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत नौसेनाध्यक्ष एडमिरल सुनील लांबा वायु सेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल बीरेन्द्र सिंह धनोआ और अन्य गण्यमान्य व्यक्ति मौजूद थे भाजपा बैठक प्रदेश में लोकसभा की सभी उन्तीस सीटों पर प्रत्याशी चयन को लेकर आज भोपाल में भाजपा प्रदेश चुनाव समिति के बैठक में सभी सीटों पर संभावित उम्मीद्वारों के नामो पर विचार विमर्श किया गया सूत्रों के मुताबिक कृछ सीटों पर एक नाम भी तय हो गया है वहीं ज्यादातर सीटों पर प्रत्याशियों का पैनल बनाया गया है अब इन नामों को लेकर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह दिल्ली जायेंगे और केन्द्रीय चुनाव अभियान समिति की मंजूरी के बाद पार्टी एक दो दिन में अपने उम्मीद्वारों का एलान करेगी इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित समिति के सभी सदस्य शामिल थे डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि भारत आतंकवाद और उसे समर्थन देने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगा

श्री डोभाल ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी पुलवामा के शहीदों के प्रति सम्मान के कारण इस वार्षिक परेड में सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं रखे गए

गौरतलब है कि संगीत के क्षेत्र में युवा कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिये आकाशवाणी हर वर्ष अखिल भारतीय स्तर पर एक संगीत प्रतियोगिता का आयोजन करता है

आज आकाशवाणी भोपाल में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में वरिष्ठ गायक पं सिध्दराम स्वामी कोरवार तथा वरिष्ठ सरोद वादक श्री एस के दासगुप्ता ने विजेताओं को पुरस्कार दिये

इसके तहत आवासीय परियोजना बनाने वाले अपने निर्माणाधीन मकानों के लिए बिना इनपुट टैक्स केडिट के नई संशोधित कम दर का चुनाव कर सकते हैं या इस पर लागू पुरानी दर पर भी बने रह सकते हैं राजस्व सचिव अजय भूषण पाण्डे ने बताया कि इस वर्ष अप्रैल माह या इसके बाद शुरू होने वाली आवासीय परियोजनाओं के निर्माणकर्ताओं को पिछले महीने जीएसटी परिषद द्वारा अनुमोदित वस्तु और सेवा कर की नई दर को स्वीकार करना होगा

प्रसारण सम्मेलन प्रसार भारती के अध्यक्ष ए सूर्य प्रकाश ने कहा है कि नये दौर की उन्नत तकनीकों के आने से प्रसारण में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है कल हैदराबाद में पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रसारण सम्मेलन में श्री सूर्य प्रकाश ने कहा कि सूचना क्रांति के इस दौर से प्रसारण क्षेत्र में भारी बदलाव हुआ है

उन्होंने कहा कि भारत इंटरनेट का उपयोग करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है वहीं सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे ने कहा कि प्रौद्योगिकी चुनौतियों के अतिरिक्त दूरदर्शन को निजी चैनलों से भी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है

प्रसार भारती के समक्ष अपनी पहुंच बढ़ाने की भी चुनौती है उन्होंने कहा कि आकाशवाणी और दूरदर्शन की पिछले वर्ष की वृद्धि दर संतोषजनक रही है सीएम पेयजल मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश के कई स्थानों पर भूजल स्तर में जारी लगातार गिरावट को देखते हए प्रशासन को सतर्क रहने को कहा हैं श्री नाथ ने आज भोपाल में अधिकारियों से इससे निबटने के लिए विस्तृत कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिये ताकि गर्मी में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके मुख्यमंत्री ने स्थानीय निकायों से इस कार्य में जनप्रतिनिधियों से भी सहयोग लेने को कहा है चुनाव तैयारी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश के सभी जिलों में चुनावी तैयारियां जोर शोर से की जा रही है निर्वाचन आयोग ने कहा है कि बिना अनुमति के केबल आपरेटर कोई विज्ञापन जारी नहीं कर सकेंगे

इसके लिए अमले को विशेष प्रशिक्षण दिये गये हैं अनूपपुर जिले में मीडिया में प्रकाशित होने वाली खबर और विज्ञापनों पर निगरानी के लिए मीडिया कंट्रोलरूम बनाया गया है कंट्रोलरूम की तैयारियों का जिला कलेक्टर ने जायजा लिया वहीं चुनाव के दौरान शान्ति व्यवस्था सुनिश्चित करने के उददेश्य से उज्जैन के चिमनगंज और ताजपुर पुलिस और सीआईएसएफ के जवानो ने फ्लेगमार्च किया हमारे शहडोल संवाददाता ने खबर दी है कि जिले में आचार संहिता लगने के बाद से अब तक आबकारी विभाग ने अवैध शराब कारोबार के पैतीस मामले दर्ज किये हैं

होली कल होलिका दहन किया जायेगा इस मौके पर लोग बुराई की प्रतीक होलिका का दहन करते हैं इस बार पेड़ बचाने के उद्देश्य से होलिका दहन के लिए गाय के गोबर से बनी लकड़ी गौकाष्ठ खरीदने के लिए भोपाल वन विभाग के सहयोग से कई विकय केन्द्र बनाये गये हैं जबलपुर सहित अन्य शहरों में भी इस वर्ष गौ काष्ठ से होलिका दहन की मुहिम का असर देखने को मिल रहा है वहीं दिल्ली की एक प्रतिष्ठान ने लोगों में मोटापा और शुगर से बचाव के लिए शुगर फ्री मिठाईयां लॉन्च की हैं होली को देखते हुए प्रदेश भर के बाजारों को आकर्षक ढंग से सजाया गया हैं और लोगों द्वारा रंगों पिचकारियों की खरीदारी की जा रही है मौसम राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के मौसम में बदलाव आ रहा है कुछ दिनों से सुबह और शाम महसूस की जा रही सर्दी में कमी आई है लगातार धूप खिलने से तापमान में चार डिग्री सेल्सियस से अधिक की बढ़ोत्तरी हुई है